एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के रोड़ शो आयोजित करेगी जयराम ठाकुर ने बताया कि रोड़ शो के दौरान अनेक उद्योगपतियों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई सरवीण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई है

बिंदल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर केन्द्र काफी लाभकारी साबित होगा विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कल चंबा मैडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार मैडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक सुधार को लेकर तत्परता से कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधों को मजबूत करना और विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों की संस्कृति से अवगत करवाना है

पंजाब केसरी का शीर्षक है बजट किसानों गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल के लिए फायदेमंद मोदी का बजट दैनिक जारगण के अनुसार हिमाचल मंत्रिमंडल ने सराहा बजट हिमाचल दस्तक के अनुसार देश को नई दिशा देगा यह बजट दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है देश के विकास का एजैंडा तय करेगा बजट आपका फैसला का कहना है सरकार ने हर वर्ग का रखा ध्यान जबकि दिव्य हिमाचल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है जनता को लुभाने का असफल प्रयास है बजट प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमाचल के बजट को कैबिनेट की मंजूरी नौ को पेश होगा बजट दिव्य हिमाचल और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ अनुपूरक बजट को भी हरी झंडी अमर उजाला लिखता है गाय पर एक और विघेयक लाएगी हिमाचल सरकार स्वाइन फ्लू से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है कांगड़ा जिले में स्वाइन फ्लू से दो और मौतें अमर उजाला लिखता है स्वाइन फ्लू मामले में अधिकारी तलब

जबकि पंजाब केसरी का कहना है आज और कल साफ रहेगा मौसम अब एक नजर संपादकीय पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन में लिखा है कि अगर किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को सही सम्मान नहीं मिल पाता है तो इससे केवल खिलाड़ी का ही नुकसान नहीं होता बल्कि प्रदेश और देश का भी नुकसान है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय परीक्षा का जादूगर नहीं शिक्षक में लिखा है कि समाज में शिक्षा व शिक्षक के साथ रिश्ते अब दोहन की मुद्रा में तात्कालिक लाभ की पैमाइश सरीखे बन चुके हैं शिक्षा की मौलिकता में ज्ञान उपार्जन ही अगर शिक्षक का धेयय नहीं रहेगा तो कई मूल प्रश्न खत्म हो जाएंगे इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ

नमस्कार